चुनाव आयोग ने कहा है कि रमजान को लेकर लोकसभा चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा आयोग ने कहा कि रमजान के महीने के दौरान भी चुनाव होंगे क्योंकि पूरे महीने को चुनाव से अलग नहीं किया जा सकता आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान पड़ने वाले मुख्य त्योहारों और जुमे के दिन मतदान नहीं कराये जा रहे हैं उधर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव रमजान के पवित्र महीने में पड़ने पर विपक्षी दलों द्वारा राजनीति करने की आलोचना की है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव के दौरान होली और नवरात्र के त्योहार भी पड़ते हैं लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद लागू आचार संहिता के कारण पचास हजार रूपये से अधिक नकद लेकर चलने वाले व्यक्तियों पर प्रशासन की नजर रहेगी यदि कोई व्यक्ति पचास हजार रूपये से अधिक की राशि लेकर कहीं जा रहे हो तो उस राशि के कागजात भी उनके पास होने चाहिए ऐसे व्यक्तियों से पुलिस प्रछताछ भी करेगी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि और वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कहा कि किसी व्यक्ति के पास दस लाख से अधिक की राशि पकड़ी गयी तो इनकम टैक्स के क्लियरेंस के बाद उन्हें छोड़ा जायेगा उधर औरंगाबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलााधिकारी राहुल रंजन महिवाल और पुलिस अधीक्षक दीपक वर्णवाल ने कहा कि जिला प्रशासन शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए कटिबद्ध है उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी आयकर विभाग चूनाव प्रक्रिया के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर खास नजर रखेगा इसके लिए विभाग ने जिलास्तर पर अलग अलग टीम का गठन किया है इसका नेतृत्व आयकर विभाग के अधिकारी करेंगे इसके साथ ही विभाग ने एयरपोर्ट के लिए अलग से विशेष एयर इंटेलिजेंस टीम का गठन किया है यह टीम एयरपोर्ट की गतिविधियों पर नजर रखेगी विभाग ने क्विक रिस्पॉस टीम का भी गठन किया है जो सूचना मिलने के बाद तत्काल पहुंचेगी और कार्रवाई करेगी लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं विभिन्न दल अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणा समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गयी समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की इस बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल थीं पार्टी ने सामाजिक राजनीतिक और विदेश नीति के मामलों को देखने के लिये विभिन्न समितियां गठित की है और विभिन्न मुदों को घोषणा पत्र में शामिल करने के लिये लोगों से राय मांगी है वहीं कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज गांधीनगर में हो रही है जिसमें चुनाव पर चर्चा की जाएगा उधर पटना में भी एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे और सीटों के चयन को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है एनडीए ने कहा है कि होली के पहले घटक दलों के लिए सीटों की पहचान कर ली जायेगी उधर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई सूत्रों ने बताया कि तेरह मार्च को नई दिल्ली में महागठबंधन के नेताओं की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ होगी जिसमें सीटों के चयन और संख्या को लेकर विमर्श किया जायेगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने विपक्ष के महागठबंधन को प्रतिद्वंदियों का आत्मघाती गठबंधन बताया है अपने फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत को विश्वास और ईमानदारी के साथ चलाया जा सकता है लोकसभा उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने खर्चे के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव से जुड़े आय और व्यय के लिए हर उम्मीदवार का अलग बैंक खाता खोला जायेगा इसी के माध्यम से प्रत्याशी राशि की लेन देन कर सकेंगे अलग से राशि खर्च करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी बैंक खाते से नकद दस हजार से अधिक भुगतान नहीं किया जा सकेगा इससे ऊपर की राशि का भूगतान उम्मीदवार विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यम से कर सकेंगे सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान तीन बार अपने आय व्यय का ब्यौरा व्यय कोषांग को देना होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से चूनाव तैयारियों की समीक्षा की और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने मतदाता पहचान पत्र और मतदाता सूची की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी ली श्री श्रीनिवास ने सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया उधर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को वीआईपी स्रक्षा में प्रोटोकॉल और स्रक्षा के पूख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है बैठक में उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की होली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दो दर्जन से अधिक विशेष ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ायी भी जा सकती है कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाये जायेंगे राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले दो से तीन दिनों में हल्की बारिश हो सकती है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक टर्फ लाइन की स्थिति बने होने के कारण राज्य में चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन रहा है जिससे अगले बहत्तर घंटे बाद कुछ जिलों में हल्की ब्रंदाबांदी की संभावना है इधर पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस की व्रद्धि दर्ज की गयी है मौसम विभाग के प्रर्वान्मान के अनुसार आज और कल तापमान में कमिक रूप से वृद्धि दर्ज की जायेगी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि शस्त्र का सत्यापन नहीं कराने वालों का लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा उन्होंने बताया कि जिले में बारह हजार लाईसेंसधारी है जिनमें से अब तक पांच हजार नौ सौ सोलह लोगों ने ही शस्त्रों का सत्यापन कराया है श्री रवि ने जिले में थानावार शस्त्रों की सत्यापन की तिथि भी जारी की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट की उत्तर प्रस्तिकाओं का समय पर मुल्यांकन करने के लिए कोन्द्र निदेशकों को स्थानीय स्तर पर परीक्षकों की नियुक्ति की छूट दे दी है मूल्यांकन केन्द्र निदेशक जरूरत के अनुसार परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं बिहार बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक उच्च माध्यमिक के इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं पटना के पाटलीपुत्र खेल परिसर में सम्पन्न पन्द्रहवीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में नौ स्वर्ण जीतकर बिहार ओवर ऑल चैम्पियन बना है प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों ने नौ स्वर्ण नौ रजत और छह कांस्य पदक जीता सोनपुर के रमना मैदान में खेले गये हेमन ट्राफी सेंट्रल जोन पुल ए के एक मुकाबले में जहानाबाद ने पटना को सात विकेट से पराजित कर दिया बिहार सब जूनियर बालिका फुटबॉल टीम के चयन के लिए सत्रह मार्च को मुजफ्फरपुर में चयन शिविर आयोजित किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हालांकि चुनाव से जुड़ी खबरों को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा घटना के साजिशकर्ता के मारे जाने की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है पुलवामा का साजिशकर्ता ढेर चुनावी की तारीख और रमजान को लेकर उठे विवाद से जुड़ी खबर का दैनिक जागरण ने शीर्षक लगाया है रजमान को लेकर नहीं होगा चुनाव की तारीखों में बदलाव इस खबर को अन्य अखबारों ने भी प्रमुखता दी है प्रभात खबर ने सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है संविधान पीठ में भेजने पर अटठाईस को सुनवायी इसी अखबार ने पद् पुरस्कारों से सम्मानित हुकुम देव नारायण यादव और भागीरथी देवी का तस्वीर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है शराब के नशे में धुत जेलर ने रात को ड्यूटी कर रही महिला कक्षपाल को पीटा गिरफ्तार